केन्द्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक लाख तेईस हजार और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी आज विश्व पर्यटन दिवस पर उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने विभिन्न श्रेणियों के राष्ट्रीय प्रस्कार प्रदान किये शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा में अकेले च्नाव लड़ने की घोष्णा की

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की सपूर्दगी और स्वीकृति की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जायेगी

यम्नानगर के जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्ल क्मार ने बताया कि नामांकन के प्रथम दिन आज जिला के चारो विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है

हैफेड ने बताया कि हैफेड किसानों से सीधे तौर पर मक्का की खरीद एक अक्तूबर से करेगी

इस बार अम्बाला शहर नारायणगढ़ मुलाना शहजादपुर पंचकूला एवं बरवाला मण्डी में हैफड द्वारा मक्का खरीदी जाएगी और यह खरीद आढ़तियों के माध्यम से ई खरीद पोर्टल से की जाएगी और किसानों के फसल के दाम सीधे तौर पर किसान के बैंक खाते में डाल दिए जाएंगें सरकारी खरीद का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रर होंगे

संयुक्त राष्ट्र शताब्दी विकास लक्ष्यों में बताई चुनौतियों को हल करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जा रहा है इन लक्ष्यों का प्राप्त् करने में पर्यटन क्षेत्र द्वारा डाले योगदान को भी उजागर किया जा रहा है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पर्यटन प्रस्कार प्रदान किए श्री नायड् ने कहा िक पर्यटन से राजस्व एकत्रित होता है और रोज़गार के अवसर पैदा होते है उन्होंने कहा कि भारत में घरेलू पर्यटन पर्यटन क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है

शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाते हऐ हरियाणा में अकेले च्नाव लड़ने की घोषणा की है पिछली विधानसभा में शिरोमणि अकाली दल के इकलौते विधायक बलकौर सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से खफा अकाली दल ने बेजीपी से गठबंधन तोड़ने की भी घोषणा की है हरियाणा के शिरोमणि अकाली दल के प्रदेशाध्यक्ष सरनजीत सिह सौधा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायक को अपने साथ मिलाकर धोखा किया है जबकि शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रा सहयोग दिया था उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ने की बात चल रही थी

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से पहले रिपोर्ट फिर वोट मुहिम की शुरुआत की गई है इस मुहिम के अंतर्गत कांग्रेस लोगों से सोशल मीडिया और ऐप के मार्फत संपर्क बनायेगी ग्रुग्राम से इस म्हिम की श्रुआत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पूर्व मुख्यमंत्री भ्रेपंद्र सिंह हड़डा कांग्रेस नेता क्लदीप बिश्नोई और पूर्व में रहे कांग्रेस के मंत्री कप्तान अजय यादव शामिल थे इस म्हिम के अंतर्गत बेरोजगारी श्रष्टाचार सड़क पानी की समस्या रोजगार उदयोग की खस्ता हालत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुददों को शामिल किया गया है आकाश्वाणी के समाचार सेवा प्रभाग दवारा आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा और पंजाब मे हो रहे उप चुनाव के मददेनज़र आकाशवाणी के संवाददाताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराम अग्रवाल ने कार्यशाला मे मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और च्नाव की तैयारियों और चूनाव आचार संहिता के बारे विस्तार से बताया उन्होंने चूनाव से सम्बधित कई सवालों के उत्तर देकर लोगों की शंकाओं को दूर किया संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा इन्द्रजीत सिंह ने भी उपस्थित पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हये बताया कि चूनाव में पत्रकार कैसे अहम भूमिका निभा सकते है इससे पहले आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेष तौर पर पहंचे अतिरिक्त महानिदेशक श्री आकाश लक्ष्मण ने आकाश्वाणी के पत्रकारों को बताया कि उन्होंने च्नाव के दौरान रिर्पोटिंग करते हथे किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आकाशवाणी की संहिता और चुनाव आचार संहिता का पालन करना है कार्यक्रम में समाचार यूनिट के इंचार्ज और स्टाफ के अलावा कार्यालय प्रमुख पूनम अमृता सिंह द्वारा भी शिरकत की गई

मेले के अंतिम दिन म्ख्य अतिथि के तौर पर शामिल हये पंजाब विश्वविदयालय चंडीगढ़ के उप क्लपति प्रो राजक्मार ने मेले में छात्राओं दवारा पेश किए गये शास्त्रीय और लोक नृत्यों में दिखायी गई प्रतिभा युवा पीढ़ी में जोश भरते है वहीं उन्हें अपनी संस्कृति से जूड़े रहने के लिए भी प्रेरित करते है कल कार्यक्रम के तीसरे दिन नाटक एकांगी मिमिक्री और ललित कला पर आधारित कई पेशकारियां देखने को मिली पंजाब के पांरपरिक गायन कलि और वारों जैसी प्रस्त्तियां भी देखने को मिली जो पंजाब की सांस्कृतिक विरासत की जीवन रेखा है इस मेले में पंजाब और चंडीगढ़ के कालेजों की छात्राओं की बड़ी हिस्सेदारी रही कालेज की प्रिसीपल प्रो विन् डोगरा द्वारा भावना के स्वस्थ प्रतिस्वर्धा की भावना के साथ के साथ भाग लेने के लिए उत्साहित किया गया